झारखंड में कोरोना संक्रमण का आज चौथा मामला सामने आया

राज्यभर में आज मनाई जा रही है महावीर जयंती

आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक के बाद एक फैसले लिये श्री मोदी ने कहा कि देश के सामने मुश्किल वक्त है लेकिन राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्र के फैसलों को गति मिल रही हैं उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की दुनियाभर में तारीफ हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का लक्ष्य और संकल्प एक है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विजय प्राप्त करना

इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कूलकर्णी और पुलिस महानिदेशक एमवी राव शामिल हुए इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर संभावित बचाव उपायों और सुझावों पर चर्चा की गई

सरकार ने ऐसी फर्जी खबरों का खंडन किया है सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में ऐसी कोई निर्घारित प्रक्रिया नहीं है अधिकारियों ने लोगों से ऐसी फर्जी जानकारी से सतर्क रहने का कहा है महामारी के प्रकोप को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने अंशघारकों को उनके रिकार्ड में जन्म तिथि सही करने की सुविधा ऑनलाइन देने की तैयारी कर रहा है इसके लिए उसने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ईपीएफओ के अंशधारकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके बाद ईपीएफओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए उनकी जन्म तिथि का मिलान कर उसे सही करेगा ईपीएफओ ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के दौर में अंशधारकों को अपनी भविष्य निधि से अग्निम राशि निकालने की सुविधा भी ऑनलाइन देने की व्यवस्था की है भारतीय रेल देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है

उपमोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि एफसीआई पूर्णबंदी के दौरान देश के प्रत्येक भाग में अनाज की पर्याप्त उपलब्यता सुनिश्चित कर रहा है

केन्द्र ने संक्रमित लोगों को अलग रखने की सुविधाओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं इनमें कहा गया है कि पृथक निगरानी में रखने की व्यवस्था शहर के बाहरी इलाकों में की जानी चाहिए और ऐसे प्रबंध होने चाहिए कि अलग रखे गये व्यक्ति और स्वास्थ्य सेवाकर्मियों या उनका सहयोग करने वाले कर्मचारियों के बीच बातचीत कम से कम हो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान बुखार और सांस संबंधी लक्षणों की दैनिक निगरानी की जानी चाहिए संक्रमित व्यक्ति को अलग रखने के समय समन्वय और निगरानी के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रभारी या नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए इन केन्द्रों में स्टाफ नर्स और लैब तकनीशियन तैनात किए जाने चाहिए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

वरिष्ठ मनोचिकित्सक और सलाहकार डॉक्टर अवधेश शर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे

हमारे ट्वीटर हैंडल एआइआर न्यूज पर हैश टैग आस्क एआइआर पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं

अब राज्य में संक्रमितों की संख्या चार हो गई है रांची में कोरोना संक्रमित महिला मलेशिया से आयी एक संक्रमित महिला के सम्पर्क में आई थीं

जिला प्रशासन ने हिन्दीपीढी इलाके में उसके सम्पर्क में आए लोगों की पहचान के लिए अभियान तेज कर दिया है राज्य सरकार ने घरों में रहने और इसके फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की है

इस टॉल फ्री नम्बर पर तेइस मार्च दो हजार बीस से लोगों की सम्स्यायें सुनी जा रही है एवं उसका समाधान भी किया जा रहा है अबतक पांच हजार पांच सौ इकासी शिकायतें दर्ज किए गए जिसमें एक हजार नौ सौ उनतीस शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है वहीं बचे हुए शिकायतों पर यथा संभव कार्रवाई की जा रही है

उन्होंने कोविड वार्ड की एकदम अलग व्यवस्था करने सहित संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करने वाले डॉक्टर नर्स पारा मेडिकल स्टॉफ सहित वार्डबॉय को अन्य ड्यूटी से अलग रखने का निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिया क्वारेन्टीन वार्ड में भर्ती संदिग्धों की लगातार स्वास्थ निगरानी भोजन पानी सहित जरूरी सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है कोविड संदिग्ध लोगों की देखभाल और चिकित्सा सेवा में प्रतिनियुक्त सभी लोगों को ऐहतियातन घर परिवार से दूर रहने की सलाह दी गई सभी स्वास्थ्यकर्मियों को केनेरी इन होटल में ठहराया जा रहा है और भोजन की व्यवस्था भी वहीं की गई है साथ ही उनके अस्पताल तक आवाजाही के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया है पाक्ड़ जिले में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जिलेवासी पूरी एकज्टता के साथ जूटे हुए हैं आपसी भाईचारे के साथ लोग जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने इस अवसर पर लोगों को श्मकामनाए दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भगवान महावीर की अंहिसा सत्य और त्याग की नेक शिक्षाएं हर यूग में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक रही हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान महावीर के अंहिसा सत्य ईमानदारी निस्वार्थ सेवा और बलिदान के संदेश शाश्वत रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान महावीर का जीवन सत्य अहिंसा और सादगी पर आधारित था और यह हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बना रहेगा वहीं कोरोना को लेकर लॉकडाउन के कारण जैन धर्मावलंबियों ने घरों में ही भगवान महावीर की पूजा अर्चना की

लॉकडाउन के कारण महावीर जयंती पर निकाले जाने वाले जुलूस पर प्रतिबंध दिखा घर की बालकनी से ही सभी सदस्य भगवान महावीर की पूजा अर्चना करते नजर आए

शेष पेंशन धारकों को भी जल्द राशि उपलब्ध कराई जा रही है

वहीं पुलिस जुआरियों और नशा करने वालों के खिलाफ भी लगातार अभियान चला रही है

कई समाजसेवी आगे आकर उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध करा रहे हैं